प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती राष्ट्र की सेवा है पार्टी का ध्येय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा आयोजित हुनर हाट का उद्घाटन किया अल्पसंख्यक समुदाय के कारीगरों द्वारा तैयार किये गये उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन को महत्वपूर्ण बताया सिखों के दसवें गुरू गुरू गोबिन्द सिंह की जयंती आज देशभर में हर्षोल्लास से मनाई जा रही है निर्वाचन विभाग द्वारा आज से प्रदेश में मतदाता सूची नवीनीकरण अभियान की शुरूआत ठण्डी हवाओं के कारण पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में

बैठक के लिये आये केन्द्रीय पर्यवेक्षक अरूण सिंह ने बैठक के बाद बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने श्री कटारिया के नाम का प्रस्ताव रखा जिसका विधायकों ने समर्थन किया

पूर्व मंत्री राजेन्द्र राठौड़ को विधायक दल का उपनेता चुना गया है श्री कटारिया ने उनका नाम प्रस्तावित किया भाजपा विधायक दल की बैठक में पार्टी के विधानसभा चुनाव प्रभारी प्रकाश जावडेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बी सतीश और चन्द्रशेखर सहित कई नेता उपस्थित थे

राज्यपाल कल्याण सिंह श्री कटारिया को कल राजभवन में विधानसभा के सदस्य की शपथ दिलायेंगे

उसके बाद विधानसभा का पूर्णकालिक अध्यक्ष चुना जायेगा तब तक प्रोटेम स्पीकर ही कार्य करेंगे शपथ दिलाने में श्री कटारिया के सहयोग के लिये भवर लाल शर्मा परसराम मोरदिया तथा महादेव सिंह खण्डेला को नामित किया गया है

तमिलनाडु के माइलादुतुरई पेराम्बलूर शिवगंगा थेणी और विरूधनगर के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा बांटो और राज करो की नीति पर नहीं चलती श्री मोदी ने कहा कि मौकापरस्त गठबंधन और परिवारवादी दल अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं जबकि भाजपा लोगों के हाथ मजबूत करना चाहती है प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहेगा क्योंकि उसके पार्टी कार्यकर्ता लगातार लोगों से जुड़े रहे हैं उन्होंने कहा कि तमिलनाडु अपने कपड़ा उद्योग के लिए मशहूर है और उनकी सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किये हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि कारोबारी सुगमता का लाभ केवल बड़ी कंपनियों को नहीं बल्कि सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यमों तथा छोटे कारोबारियों को भी मिलता है

इस रोग से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है

टोंक जिले के मालपुरा उपखण्ड के स्याह गांव में पिछले दिनों स्वाईन फ्लू से हुई एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद चिकित्सा विभाग की टीम घर घर जाकर लोगो की जांच कर निःशुल्क दवाईया वितरित कर रही है

बाद में मीडिया से बातचीत में श्री जेटली ने कहा कि देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और अल्पसंख्यक समुदायों के कारीगर और शिल्पकार अपने विश्वस्तरीय उत्पादों के लिए जाने जाते हैं उन्होंने कहा कि इन उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनियाभर में इनकी भारी मांग है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने गुरू गोबिन्द सिंह जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि गुरू गोबिन्द सिंह जी ने अपना जीवन लोगों की सेवा तथा सत्य न्याय और करूणा के आदर्शो के लिए समर्पित कर दिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्रु गोबिंद सिंह जी की जयंती पर नई दिल्ली में साढ़े तीन सौ रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया सिक्का जारी करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरू गोबिंद सिंह जी कमजोर वर्गों के लिए सतत संघर्ष करते रहे प्रदेशभर में आज गुरू गोबिंद सिंह जयंती और लोहड़ी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है राज्यपाल कल्याण सिंह और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकानाएं दी हैं राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि ग्रू गोविन्द सिंह द्वारा दिया गया मानवता का संदेश हमारे समाज में समानता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए आज भी प्रासंगिक है

इस अवसर पर लोग पवित्र कुण्ड में स्नान करेंगे तथा दानपुण्य के कार्यक्रम होंगें राज्यपाल कल्याण सिंह और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मकर सक्रांति पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि त्यौहार हमारे जीवन में उत्साह ताजगी और उल्लास लाते है इसलिये इन्हें मिलजुलकर मनाना चाहिये ताकि पूरे समाज का वातावरण सुखद और सौहार्दपूर्ण बना रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर के बापूनगर स्थित एक स्कूल में पानी बचाओ बिजली बचाओ सबको पढाओं बेटी बचाओं वृक्ष लगाओं और नववर्ष की शुभकामना लिखी पतंगों का विमोचन किया मकर सकांति के अवसर पर पतंग उत्सव राजधानी जयपुर में कल से ही शुरू हो गया पतंगों की दुकानों पर युवाओं की भीड देखी जा रही है कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं ने शहरवासियों से पतंगबाजी के दौरान चाईनीज मांझे का उपयोग ना करने की सलाह दी है शहर के कई संगठनों ने मांझे की डोर से घायल पक्षियों के इलाज की व्यवस्था भी की है सड़क सुरक्षा हेलमेट पहनने और मकर सकांति के दिन मांझे से घायल पक्षियों को बचाने के लिये आज जयपुर में यातायात पुलिस द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई यातायात पुलिस उपायुक्त पूजा अवाना ने रैली को हरी इांडी दिखाकर रवाना किया इस दौरान उन्होंने लोगो से अपील की कि वे मांझे की चपेट से बचने के लिये हेलमेट के प्रयोग सहित आवश्यक सावधानियां बरते

शिविर में मतदाताओं के नाम जोडने हटाने और पता परिवर्तन के आवेदन लिये गये

इस दौरान मंडियों में जिसों की बोली नहीं लगेगी हनुमानगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि व्यापारी ऑफलाइन आढ़तिया की बिल बुक के जरिए गेहूं खरीद की मांग कर रहे हैं

उत्सव के दूसरे दिन आज विभिन्न ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हमारे संवाददाता ने बताया कि मेले में बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटको ने भाग लिया

राज्य के कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी भी सर्दी से राहत नहीं दिला सकी है दिन की धूप ठण्डी हवाओं के आगे बेअसर साबित हो रही है